उन्होंने आज विभिन्न संचार माध्यमों के प्रम्खों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में कहा कि इससे लोग मामले की गंभीरता को समझेंगे और लॉकडाउन को भी गंभीरता से लेंगे प्रधानमंत्री ने मीडिय़ाकर्मियों से भी सभी तरह की सावधानी बरतने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी संचार माध्यमों के प्रमुखों से चर्चा की उन्होंने कोरोना संक्रमण के बारे में लोगों को जागरूक बनाने में मीडिया की भ्रमिका पर चर्चा की

देश में कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे प्रसार को देखते हुए यह कदम उठाया गया है राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बताया कि इस दौरान टैक्सी ऑटोरिक्शा सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं पूरी तरह बंद रहेगी हालांकि इससे चिकित्सा हवाई अड्डे रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों तथा खाने पीने और जरुरी वस्त्ओं को ले जाने वाले वाहनों को मुक्त रखा गया है उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी दुकाने वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कार्यालय कारखाने और वर्कशॉप बंद रहेंगे बैंक और एटीएम ख्ले रहेंगे

इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग गृहमंत्री बामांग फेलिक्स वित्त विभाग के प्रधान सचिब ए सी वर्मा योजना आयुक्त पी एस लोखांडे वित्त सचिव वाई डब्लू रिंगू योजना सचिव हिमांशू ग्प्ता स्वास्थ्य सचिव पी पॉर्निबन ट्रिम्स के निदेशक मोजि जिनी सहित कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपस्थित थे श्री मैन ने आगामी कुछ दिनों को कोविड को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण बताते हुए सामुदायिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता पर जो र दिया उपमुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को इससे निपटने के लिए सभी तरग के सहयोग का आश्वासन दिया उन्होंने इस महामारी को गंभीरता से लेते हुए योजना और वित्तविभाग के अधिकारियों को कोविड सतर्कता उपायों से संबंधित स्वास्थ्य विभाग की प्रत्येक फाइल को त्वरित गति से मंजूरी देने को कहा

उन्होंने पासीघाट नगरीय क्षेत्र में प्रवेश के लिए बने चेकगेट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रिनिंग और लॉकडाउन का प्ररी तरह पालन कराने के लिए कर्मियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिया श्री मोयोंग से सेनेटाइजर और मास्क की खरीद के लिए तीन महीने का वेतन सहायता के रुप में प्रदान किया उन्होंने सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और हाथ को सेनेटाइज करने की अपील की श्री मोयोंग ने कोरोना वायरस की आशंका वालेरोगियों के इलाज के लिए स्थापित आईसोलेशन वार्ड का निरीक्षण करते हुए कोविड प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले छात्रों और अन्य नागरिकों से चौदह दिनों तक क्वारेनटाइन रहने की अपील करते हुए वरिष्ठ नागरिकों से घर पर ही रहने का अनुरोध किया

इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही निर्धारित समय से पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई इस तरह सदन की बैठक नौ दिन कम हो गई हैं संसद के बजट सत्र के द्रसरे भाग के दौरान अगले महीने की तीन तारीख तक सदन की कार्यवाही चलनी थी

उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस श्रंखला को रोड़ने के लिए राज्य सरकार के लॉकडाउन के आदेशों का पाळन करने की अपील की